हमारी विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा में आज सुनिए बापू के होशंगाबाद प्रवास के संस्मरण

यहां वे ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी इसके बाद वे देवास जिले के दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र नेमावर स्थित हथकरघा बुनाई केन्द्र का निरीक्षण करेंगी

पूणे में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय सम्मेलन में ग्रहमंत्री अमित शाह ने बुरहानपुर के अजाक पुलिस थाने के प्रभारी किशोर कुमार अग्रवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने कल यूरिया की कमी और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया सागर में हुये प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर यूरिया बिजली के बढ़े बिलों और किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को यूरिया और गरीबों को सस्ती बिजली देने में विफल रही है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित अनेक भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारियां दी जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया उधर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया लोकसभा मधमेह केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कल लोकसभा में बताया कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयूर्वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्र डायबिटीज के उपचार के बारे में अनुसंधान और उसके प्रचार प्रसार में लगा हआ है

मिलावट अभियान प्रदेशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कल श्योप्र में पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक डेयरी पर छापा मार कर नकली दूध घी और क्रीम बनाने की सामग्री जप्त की साथ ही भारी मात्रा में नकली खाद्य पदार्थ बनाने की अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई है डेयरी संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

पीड़िता का अस्पताल में उपचार किया जा रहा था उसे दिल का दौरा पड़ने के बाद डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हए पीडिता को ब्रहस्पतिवार की रात को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया था

फेस्टिवल के माध्यम से किसानों को मक्का उत्पादन के लिये प्रेरित किया जाएगा फेस्टिवल में देशभर से मक्का उत्पादन एवं उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक मक्का आधारित उत्पादों के विकास पर अपने अनुभव साझा करेंगे फेस्टिवल में पहले दिन प्लेबैक सिंगर एवं म्यूजिक डायरेक्टर अरमान मलिक का लाइव कंसर्ट होगा फेस्टिवल में शासकीय और निजी स्कूलों में बड़े पैमाने पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

उन्होंने निर्देश दिये कि कॉर्न फेस्टिवल में अधिकाधिक संख्या में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए

राष्ट्रपति जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए कलेक्टर अनुराग चौधरी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया

इसमें संस्कृत भूगोल हिन्दी खेलकूद संगीत गायन दर्शनशास्त्र मनोविज्ञानऊर्दू चित्रकला गृहविज्ञान ज्योतिष और प्राचीन इतिहास विषय शामिल है

जिसकी पहली किश्त भी जारी कर दी गई है